प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रुस के राष्ट्रपति व्लादिमीर प्रतिन के बीच कल नई दिल्ली में हुए वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्ष आतंकी नेटवर्क उनके वित्तीय पोषण के स्त्रोतो कों समाप्त करने और आतंकी विचारधारा द्रष्प्रचार और भर्ती पर काबू पाने के लिए संयुक्त प्रयास करने पर सहमत हुए है नई दिल्ली में कल भारत रुस व्यापार शिखर बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अब तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है और हमारे देश की प्रगति में रुस एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भागीदार है प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में कई सुधार किए है दोनो देशों ने सैन्य तकनीकी सहयोग की जारी परियोजनाओं में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने दोनो देशो के बीच सैन्य तकनीकी उपकरणो के संयुक्त उत्पादन और संयुक्त अनुसंधान की दिशा में हुए अनुकूल परिवर्तन के महत्व को स्वीकार किया

उन्होंने व्यापार रेलवे परमाणु क्षेत्र और सूक्ष्मलघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित संझौतों पर भी दस्तखत किए राज्य बांस मिशन के दो हजार अठ्ठारह उन्नीस के लिए वार्षिक कार्य योजना की मंजूरी के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की पहली बैठक कल ईटानगर में हुई

राष्ट्रीय बांस मिशन ने बांस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य को पचीस करोड़ रुपये निर्धारित किए है जिसमें नर्सरी और वृक्षारोपण बांस उपचार और संरक्षण उत्पादन और प्रसंस्करण बांस बाजार कौशल विकास अनुसंधान और विकास इत्यादि शामिल हैं काँगो के डाँक्टर डेनिस मुखवेगिया और मानवाधिकार कार्यकर्ता नादिया मुराद को दो हजार अठ्ठारह का नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा ओस्लो में एक समारोह में इसकी घोषणा की गई युद्ध के दौरान यौन हिंसा के हथियार के रुप में इस्तेमाल को रोकने के प्रयासो के लिए डॉ मुखवेगिया और नादिया मुराद को यह पुरस्कार दिया जाएगा नादिया मुराद इराक की येजिदी दुर्द महिला है राय निगम के अध्यक्षता में एक छह सदस्य व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने कल ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांड्र से मुलाकात कर व्यापार और विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निवेश करने में दिलचस्पी व्यक्त की मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुणाचल कृषि और संबंद्ध क्षेत्र में भारी निवेश के अवसर प्रदान करता है उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग पचीस लाख हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है जिसमें से केवल तीन दशमलव पाच लाख हेक्टेयर का उपयोग किया जाता है प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में निवेश के अवसरों पर संतोष व्यक्त किया और इसे विश्व स्तर पर गर्म निवेश गंतव्य के रुप में मान्यता देने का आश्वासन दिया राज्यपाल बी डी मिश्रा ने कल पासीघाट में राज्य के इंडिजिनस फैट द्वारा आयोजित तीन दिवसीय गुरु दिवस उत्सव का उद्घाटन किया इस अवसर पर राज्यपाल ने गोल्गी बोटे स्वर्गीय तालोम रुक्बो इंडिजिनस फैट गुरु की बीस फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया उन्होने कहा रुको के विचार मानवता शांति और खूले दिमागीपन से भरे हुए थे राज्यपाल ने लोगो को अपनी सांस्कृतिक विरासत परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रचार करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट विकसित करने का सुझाव दिया भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एन आर सी के कामकाज का बचाव करते हुए कहा है कि किसी भारतीय नागरिक को परेशान नही किया जाएगा कोलकाता में कल उन्होंने कहा कि कोई भी देश अवैध प्रवासियों को अपने देश में रहने की अनुमति नही देता पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी राम माधव ने कहा कि एन आर सी को लेकर असम में कोई विवाद नही है और इस राज्य में इस पर शांतिपूर्वक काम किया जा रहा है श्री माधव ने कहा कि इस काम पर उच्चतम न्यायालय प्रतिदिन नजर रखे हुए है निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यो मध्य प्रदेश मिजोराम राजस्थानछत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चूनाव की तारीख की आज घोषणा कर दी है छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चूनाव होंगे पहले चरण का चूनाव बारह नवम्बर को तथा द्रसरे चरण का चूनाव बीस नवम्बर को कराया जाएगा मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक साथ अटठाइस नवम्बर को चुनाव होगा राजस्थान और तेलंगाना में सात दिसम्बर को मतदान कराया जाएगा सभी पांच राज्यों में मतगणना ग्यारह दिसम्बर को होगी चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है